कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

म्ख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली

समारोह में कोविड महामारी से संबंधित एहतियात के सभी उपायों का पालन किया गया गणतंत्र दिवस प्रदेशभर में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली इस दौरान कई तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की श्भकामनाएं दी राज्यपाल ने राजभवन में भी ध्वजारोहण किया राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर उन्होंने मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया उन्होने उत्तराखंड राज्य निर्माण में ह्ए शहीदों को भी नमन किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने म्ख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण किया और सभी को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई

वहीं देहरादून स्थित प्लिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया

हरिद्वार में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जिला म्ख्यालय में झंडारोहण किया उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी जैसी च्नौतियों से निपटने के लिए हमें स्वतंत्रता आंदोलन की तरह एकज्ट होकर लड़ना होगा इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति शपथ दिलाई बीएचईएल हरिद्वार और मेला भवन में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया गणतंत्र दिवस टिहरी टिहरी जिले में गणतंत्र दिवस सादगी से मनाया गया म्ख्य कार्यक्रम बौराड़ी में आयोजित हआ जहां कृषि उद्यान मंत्री स्बोध उनियाल ने ध्वजारोहण किया

जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित क्रॉस कंट्री दौड़ में सम्मिलित हुए छात्र छात्राओं को प्रस्कार न दिए जाने और राष्ट्र कार्यक्रम में शामिल न होने पर नाराजगी प्रकट करते हए टिहरी के जिला क्रीड़ा अधिकारी कृष्ण क्मार का जनवरी महीने का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं

जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी स्रेन्द्र नारायण पाण्डेय ने ध्वजारोहण किया उन्होंने कर्मचारियों को शपथ दिलाई और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया इस अवसर पर कोविड जागरूकता रैली भी निकाली गई जिसमें प्लिस आईटीबीपी एसएसबी एनसीसी स्क्ली बच्चों और स्थानीय लोगों ने प्रतिभाग किया गणतंत्र दिवस बागेश्वर बागेश्वर में गणतंत्र दिवस पर प्लिस लाइन में राज्य मंत्री रेखा आर्या ने ध्वाजारोहण किया इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया प्लिस के जवानों ने जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या को गार्ड ऑफ ऑनर दिया इस मौके पर संविधान की गरिमा और उसके पालन की भी शपथ ली गई गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों कोरोना महामारी में अच्छा कार्य करने वाले प्लिसकर्मियों और कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया साथ ही तीलू रौतेली प्रस्कार से सम्मानित ताइक्वांडो खिलाड़ी विशाखा साह को दस हजार रुपये का चेक दिया गया गणतंत्र दिवस अल्मोडा पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिले में आज गणतंत्र दिवस सभी तहसीलों स्कूलों सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में मनाया गया कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया प्लिस लाइन में परेड का भी आयोजन किया गया मुख्य अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष रघ्नाथ सिंह चौहान ने परेड की सलामी ली उधर पिथौरागढ़ में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे ने झंडा फहराया पदमश्री अवॉर्डी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश में पदम प्रस्कारों की घोषणा कर दी गई है उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए डॉ भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को पद्मश्री प्रस्कार से नवाजा जाएगा इस पर उन्होंने ख्शी का इजहार किया कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए प्रगतिशील किसान प्रेमचंद शर्मा को भी पदमश्री के लिए चूना गया है प्रेम चंद शर्मा पहाड़ में अनार की खेती में अभिनव प्रयोग के लिए मशहर हैं उन्होंने कहा कि पद्मश्री के लिये चयनित होना उनके लिए गौरव की बात है

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उददेश्य सरकारी सेवाओं की जानकारी जन सामान्य को ऑनलाईन पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ई गवर्नेस को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट से जोड़ना है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य में पंचायतीराज विभाग द्वारा सभी ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बैंक खातों को पंचायतीराज द्वारा लागू ई ग्राम स्वराज पोर्टल से जोड़ा गया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल के तहत सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को अपनी कार्य योजना इसी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है इसी पोर्टल के अन्रूप जिओ टैगिंग और अन्य कार्य सम्पादित करने होंगे साथ ही सम्पादित कार्यों का भ्गतान इसी पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस से किया जाना है म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से राजकीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी